आज विश्व क्षयरोग निवारण दिवस है क्षयरोग से स्वास्थ्य समाज और अर्थव्यवस्था को होने वाले नुकसानों और इस वैश्विक महामारी की रोकथाम के लिए प्रयास तेज करने के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए हर वर्ष चौबीस मार्च को यह दिन मनाया जाता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्षय रोग निवारण दिवस पर आज लखनऊ में विभिन्न कार्यक्रमों का शुभारम्भ किया साथ ही उन्होंने इक्कीस जनपदों में औषधियों के भण्डारण और रख रखाव के लिये ड्रग वेयर हाउस का शिलान्यास भी किया इस अवसर पर अपने सम्बोधन में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष दो हजार पच्चीस तक भारत को टीवी मुक्त करने का लक्ष्य तय किया है इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये लोगों का आह्वान करते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर समय से उपचार शुरू किया जाये तो इस बीमारी को नियंत्रित किया जा सकता है श्री योगी ने कहा कि राज्य में पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष टीबी के मरीजों की संख्या में कमी आयी है उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने सुनिश्चित किया है कि टीबी के प्रत्येक मरीज को एक किट उपलब्ध कराने के साथ ही पीष्टिक आहार के लिये पांच सौ रूपये प्रति महीने की आर्थिक सहायता दी जाए मुख्यमंत्री ने कहा कि क्षय रोग से पीड़ित किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए उन्होंने कहा कि टीबीग्रस्त मरीजों को शासन की योजनाओं से जोड़ना चाहिए

कल नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक में टीकाकरण अनुमोदन किया गया बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सभी पात्र लोगों से तुरंत पंजीकरण कराने और टीका लगवाने का अनुरोध किया है केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने कोविड के प्रभावी नियंत्रण के लिए कल दिशा निर्देश जारी किये

देश के कुछ भागों में कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ने के मद्देनजर राज्य और केन्द्रशासित प्रदेशों को जांच निगरानी और उपचार की प्रक्रिया को सख्ती से लागू करने का अधिकार दिया गया है

दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य में सार्वजनिक कार्यक्रमों या जलुस आदि को प्रशासन की अनुमति के बिना आयोजित नहीं किया जाएगा जलुसों और सार्वजनिक कार्यक्रमों में साठ वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों दस वर्ष से छोटी उम्र के बच्चों और गम्भीर बीमारियों से ग्रस्त लोगों के भाग लेने पर प्रतिबंध रहेगा कक्षा आठ तक के सभी स्कूल आज से इकतीस मार्च तक बन्द रहेंगे कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर गोरखपुर के जिलाधिकारी के विजयेन्द्र पाण्डियन ने दूसरे राज्यों से जनपद में आने वाले लोगों की कोविड जांच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कलेक्ट्रेट सभागार में आज कोविड पर रोकथाम के लिए हुई समीक्षा बैठक में उन्होंने मुख्य चिकित्साधिकारी को इस संबंध में निर्देश दिए जिलाधिकारी ने कहा कि दूसरे राज्यों से आने वालों की यह जिम्मेदारी होगी कि वे अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर कोविड नाइन्टीन की जांच कराए उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति जांच नहीं कराता और बाद में कोविड से पीड़ित पाया जाता है तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जौनपुर के वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय में कल से इकतीस मार्च तक परीक्षा के अतिरिक्त सभी शैक्षणिक गतिविधियों पर रोक लगा दी गयी है कुलपति प्रोफेसर निर्मला एस मौर्य ने कहा कि विद्यार्थियों के स्वास्थ्य और उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुये यह फैसला किया गया है उन्होंने कहा कि एक अप्रैल से अगले आदेश तक सभी कक्षाएं ऑनलाइन संचालित की जायेंगी छात्रावास की सभी सुविधाएं सत्ताईस मार्च से अगले आदेश तक बन्द रहेंगी प्रदेश सरकार के सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रही उस खबर को निराधार बताया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि प्रदेश में सत्ताईस मार्च तक लॉकडाउन लगेगा विभाग ने एक ट्वीट में इस दाये को असत्य करार देते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर इस सम्बन्ध में प्रसारित की जा रही तस्वीर पिछले वर्ष की है वर्तमान में राज्य में किसी प्रकार के लॉकडाउन की योजना नहीं है रंगभरी एकादशी के अवसर पर आज म्थुरा वृंदावन के श्री बांकेबिहारी मंदिर में होली का भव्य आयोजन हुआ हमारे प्रतिनिधि ने बताया कि रंग गुलाल से सराबोर श्रद्वालुओं ने ठाकुरजी के साथ जमकर होली खेली गौरतलब है कि वृदावन के मंदिरो में रंगभरी एकादशी से रंग गुलाल की होली शुरू हो जाती है वहीं वाराणसी में भी रंगभरी एकादशी पूरे उत्साह के साथ मनायी जा रही है